उम्मीदवारों की ओर से नामांकनपत्र कार्यालयीन समय में नौ नवंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे

नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अन्तिम सूची जारी कर दी जायेगी

प्रदेश के तीन विघानसमा क्षेत्रों लांजी परसवाडा और बैहर में मतदान सुबह सात बजे से अपराह तीन बजे तक होगा

भोपाल मध्य से सुरेन्द्र नाथ सिंह मोपाल दक्षिण पश्चिम से उमाशंकर गुप्ता नरेला से विश्वास सारंग बैरसिया से विष्णु खत्री हुजूर से रामेश्वर शर्मा को टिकट दिया गया है जबकि गोविन्दपुरा सीट पर फिलहाल उम्मीद्वार की घोषणा नहीं की गई है इसी तरह नरसिंहपुर से मंत्री जालम सिंह पटेलजबलपुर पूर्व से अंचल सोनकर जबलपुर कैण्ट से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी के बेटे अशोक रोहाणी पनागर से सुशील तिवारी और होशंगाबाद से विघानसभा अध्यक्ष डाक्टर सीतासरन शर्मा को उम्मीद्वार बनाया गया है

यदि किसी ने जवाब दिया कि वह मतदान नहीं कर पाया है या नहीं करने दिया गया तो इसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा

फेस्टीवल ऑफ डेमोकेसी फेस्टीवल ऑफ डेमोकेसी के तहत आज भोपाल के शौर्य स्मारक पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मशहूर फ़यूजन बैंड इंडियन ओशियन द्वारा प्रस्तुति दी जायेगी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सुदाम खाडे ने लोगों से इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा सख्या में शामिल होने की अपील की है

बैठक में प्रदेश के सुसनेर और राजस्थान के खानपुर से लगे मतदान केन्द्रों की समीक्षा की गई

हालांकि राष्ट्रीय प्रसारण डीडी फ्री डिश और दूरदर्शन डीटीएच के प्लेटफार्म पर उपलब्ध रहेगा